उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर्स गांधी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने दी कार्रवाई की चेतावनी

प्रदेश के अनेक हिस्सो में तेज बारिश की संभावना जुडा नोटिस भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के हड़तालरत जूनियर डॉक्टरों को कल एसेन्शियल सर्विसेस मेण्टेनेंस एक्ट एस्मा के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है

दूराचरण अनुशासनहीनता तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी इसमें महाविद्यालय द्वारा नामांकन रद्द किया जाना सम्मिलित है डीन ने बताया कि इस हड़ताल को उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है इसके बावजूद छात्र कार्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं सभी छात्रों को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल अपने कार्य पर उपस्थित हो अन्यथा उनके विरुद्ध एस्मा के तहत प्राथमिकी सूचना दर्ज करने उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना याचिका दायर करने और मध्यप्रदेश तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी

अगले दिन लगभग पांच सौ जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था

स्मार्टसिटी पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भोपाल में निर्मित इंटीग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल सेंटर के लिये मध्यप्रदेश को पुरस्कृत करेंगे यह पुरस्कार लखनऊ में होने वाली दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान दिया जायेगा इस कार्यशाला का उदघाटन आज केन्द्रीय आवासीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे श्री मोदी द्वारा दिये जाने वाले पुरस्कार के अलावा केन्द्रीय आवासीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह प्ररी कार्यशाला में मध्यप्रदेश को भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पब्लिक बाइक शेयरिंग बी नेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर जबलपुर स्मार्ट सिटी के एनडीएमसी के स्मार्ट क्लॉस रूम और वेस्ट टू एनर्जी प्लॉट तथा नगर निगम इंदौर को अमृत योजना में बॉण्ड जारी करने के लिये भी पुरस्कृत करेंगे प्रधानमंत्री कार्यशाला में लगायी गयी मध्यप्रदेश सरकार की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास योजना स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के कार्यों और नवाचारों को प्रदर्शित किया गया है रेल टिकिट रेल प्रशासन ने भोपाल मंडल के छह हॉल्ट स्टेशनों पर टिकट ब्रुकिंग ना के बराबर होने के कारण टिकट बुकिंग बंद करने का निर्णय लिया है रेल प्रशासन ने मंडल के खुटवांसा कुरावन छिदगांव भदभदा घाट सिरोलिया और रेहट स्टेशनों पर टिकट बुकिंग बंद करने का फैसला लिया है

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू द्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं कमलनाथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कल भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक समारोह में पार्टी के शक्ति प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह सभी कार्यकर्ताओं को बड़े पदाधिकारियों से जोड़ने का कार्यक्रम है इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शक्ति कांग्रेस का एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट है यह तभी सफल होगा जब प्रत्येक कार्यकर्ता के पास तक इसकी जानकारी पहुंचे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सभी प्रदेशों का डाटा बेस कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में संग्रहित हो जाएगा

इसके बाद इसका समापन भी होगा वे चाहते हैं कि मध्यप्रदेश इस प्रोजेक्ट से जुड़ने में नंबर वन आए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के इस महाअभियान में जो ब्लॉक प्रथम स्थान पर आयेगा उसको सम्मानित किया जाएगा

इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है

हॉस्पिटल परिसर में चिकित्सकों और पैरामेडीकल स्टाफ के लिए क्वार्टर्स भी रहेंगे उन्होंने निर्देश दिये कि हॉस्पिटल में पार्किंग कैण्टीन सहित जरूरी व्यवस्थाओं का प्लान तैयार करें

मुख्य सचिव बीपी सिंह ने कल मंत्रालय में आयोजित बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की

जिला स्तर तक आयोजित समारोह में जिला कलेक्टरों द्वारा गणमान्य व्यक्तियों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों कारगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों और प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को आमंत्रित किया जायेगा स्वतंत्रता दिवस पर सभी सार्वजनिक भवनों पर ध्वजारोहण किया जायेगा

जिला मुख्यालयों पर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा मंत्री और रोज्य मंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा जिलास्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी होगा

मौसम केन्द्र के वैज्ञानिकों ने चेतवनी दी है कि राज्य के उत्तरी हिस्से में आने वाले श्योपुरकला मुरैना भिंड दतिया और ग्वालियर के अलावा छतरपुर टीकमगढ़ कटनी अनूपपुर डिंडौरी पन्ना और दमोह जिलों में भारी बारिश हो सकती है वहीं ग्वालियर सागर और चंबल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर भोपाल रीवा उज्जैन जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर और होशंगाबाद और उज्जैन संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार है प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र में आने वाले रीवा जिले में कल दूसरे स्थानों की अपेक्षा सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई दूसरे स्थान पर पचमढ़ी तीसरे स्थान पर खजुराहो और चौथे स्थान पर मंडला रहा इस प्रकार एक दर्जन से अधिक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई इसके अलावा राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर चालू है कई स्थानों पर बादल छाये हुए है अनेक स्थानों पर बादलो की आवाजाही देखी गई संक्षिप्त समाचार मुख्ममंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आर्शीवाद यात्रा कल दतिया के भाण्डेर पहुंचेगी

मुख्य समाचार उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर्स